प्रदेश के दौरे पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने नमामि गंगे परियोजना की सराहना की

देश के विमिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण से पूर्वांचल में रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे श्री योगी कल आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे निरीक्षण के बाद किशुनदासपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री योगी ने कहा कि एक्सप्रेस वे पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस वे के शुरू हो जाने के बाद आजमगढ़ से दिल्ली तक की यात्रा सुगम हो जाएगी उन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जमीन देने वाले किसानों को धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा

प्रदेश के दौरे पर आए श्री राजपक्ष ने ट्वीट कर कहा कि वाराणसी से विदा होने से पहले उन्हें पवित्र गंगा नदी के दर्शन का सौमाग्य प्राप्त हुआ उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे परियोजना की सराहना करते हैं श्री राजपक्ष ने कहा कि भारत में गंगा नदी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और गंगा यहां की करीब चालीस फीसद आबादी के जीवन का आधार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री राजपक्ष की वाराणसी यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि राजपक्ष ने वाराणसी में समय बिताया और गंगा के तट पर गए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राजपक्ष के लिए यह अद्भुव अनुभव रहा होगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का अध्ययन करने के बाद उचित कदम उठाएगी शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है राज्यसभा में बयान देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले में न तो कोई पार्टी थी और न ही उसने कोई शपथ पत्र दाखिल किया है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय का निर्णय दो हजार बारह में उत्तराखंड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के आदेश पर आधारित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व में भारतीय शिक्षकों की मांग सबसे अधिक है उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को अपने कॉलेजों में दूसरे देशों की भाषा का प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता बढ़ाकर उन्हें वहां मेज सकते हैं श्री योगी कल गोरखप्र में दिग्विजयनाथ एल टी प्रशिक्षण महाविद्यालय में संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने संबद्ध अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण और उचित कार्रवाई के निर्देश दिये उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह को संवैधानिक रूप से वैध बताया है जिसके तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत की संभावनाओं से इंकार किया गया है कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कल शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल उसी मामले में दी जा सकती है जिनमें पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत कल दो वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश दिये मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर डी डी ओ अमेठी को पूर्व में डी डी ओ मिर्जाप्र के पद पर रहते हए दायित्वों की अनदेखी और नियुक्ति में अनियमितता के आरोप में सेवा से हटाये जाने के आदेश दिये हैं इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर मेरठ के निलम्बित पुलिस उपाधीक्षक को भी उनके पद से हटाते हुए सेवा समाप्त करने के आदेश दिये गये हैं इसके साथ ही एक अहम फैसले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशो पर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के ग्राम मलमलिया में चौबीस दशमलव दो नौ हेक्टेयर भूमि को भी विश्वविद्यालय के नाम जारी कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर मी लिख सकते हैं वे एक नो दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश नोवेल कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है इस मुद्दे पर लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सभी आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल गठित किया है स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से इस मुद्दे पर वीडियो कॉलिंग कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि अब तक एक हजार एक सौ अट्ठारह जहाजों की जांच की गई है उन्होंने एयर इंडिया और भारतीय छात्रों को व्हान से लाने के मिशन में शामिल समी चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद दिया राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कल अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन किये इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी पहुंच कर प्जा अर्चना की राम मंदिर मामले का निर्णय आने के बाद राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल का यह पहला अयोध्या दौरा है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल कल वाराणसी भी गयीं जहां उन्होंने प्रसिद्ध दशाश्वमेघ घाट पर बजड़े में बैठकर गंगा आरती देखी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कल से पूरे देश में श्रू हो गया जो इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस दो हजार पन्द्रह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने की ये कल्पना की थी एक भारत श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता और समी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच तालमेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है इस अभियान के तहत चंडीगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं चंडीगढ़ में रहने वाले तेलंगाना के आशीष से हमारे संवाददाता ने बात की तेलंगाना के काचीगुड़ा के रहने वाले आश्रीष के चंडीगढ़ में रहते हुए हरियाणा और पंजाब के लोगों से अच्छे संबंध बन गए हैं वे चंडीगढ़ पी जी आई में देत विभाग में कार्यस्त हैं लोगों के साथ नेत जोल के बारे में आशीष बताते हैं कि हरियाणा और पंजाब की संस्कृति और खान पान से वो बहुत प्रमावित हैं उन्होंने बताया कि मैंने काफी कुछ सीखा इघर आके मेको यहां का कल्वर तो बढ़िया लगा मगर यहां से हैदराबाद और चंडीगढ़ का कल्वर में जमीन आसमान का फरक है मगर चंडीगढ़ का कल्वर एक अन्नाड कल्वर है तेलगाना में डोप्ता इडली सब मिलेगा यहां परांवा मिलेगा जैसे सरसों का साग मक्के की रोटी वंडीगढ़ में रहकर अमी बहुत अच्छा लग रहा है आशीष कहते हैं एक मारत श्रेष्ठ भारत परिकल्पना नहीं एक सत्य है वो दिल से यह महसूस करते हैं अखनी कुमार शर्मा चंडीगढ़ शीर्ष न्यायालय ने कल कहा कि दिल्ली के शाहीनबाग में पिछले साल पन्द्रह दिसम्बर से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोग सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर द्रसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसफ की पीठ ने कहा कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन आन्दोलन के लिए निर्धारित स्थान पर ही यह करना होगा और सार्वजनिक सड़क या पार्क में ऐसा नहीं किया जा सकता शीर्ष न्यायालय ने शाहीनबाग से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने और कालिन्दी कुंज शाहीन बाग मार्ग पर सुचारु ढ़ंग से यातायात सुनिश्चित करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद केंद्र दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए शीर्ष न्यायालय मामले की सुनवाई सत्रह फरवरी को करेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और पी एच डी के छात्रों की मदद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूजीसी डॉट एसी डॉट इन पर शैक्षणिक रोजगार पोर्टल बनाया है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय कॉलेज और अन्य रोजगार संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र अपना शैक्षणिक विवरण इस पोर्टल पर दे सकते हैं